उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आईसीयू खोलने के लिए धनराशि देंगे पौड़ी जिले में हुई बस दुर्घटना के बाद गढ़वाल आयुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक को उनके पर से मुक्त किया गया शैलेश बगोली गढ़वाल आयुक्त जबकि अजय रौतेला पुलिस उपमहानिरीक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे बरसात चम्पावत जिले के टनकपुर और बनबसा में शारदा नदी के लगातार बढते जलस्तर को देखते हुए रेड अर्लट जारी किया गया है यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है गौरतलब है कि पहाडों में लगातर हो रही बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर बढ गया है जिससे पानी खतरे के निशान से कुछ मीटर नीचे बह रहा है वहीं पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में हई अतिवृष्टि के बाद मदकोट के पास भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला की मृत्यु हो गई

इनमें रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचा दिया गया है

वहीं मालपा में लकड़ी से बने पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना भी मिली है जिले के तेजम नाले का बहाव बढ़ने से पैदल रास्ते बंद हो गये हैं बरसात जारी वहीं राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से दोपहर तक रुक रुककर मध्यम से तेज बारिश होती रही इससे विभिन्न स्थानों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई और आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा राज्य के सभी जिलों से बारिश होने के समाचार मिले हैं बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर हैं

आपदा प्रबंधन प्रदेश में अतिवृष्टि की सम्भावना के कारण प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है

देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न मार्गो पर भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हए आवश्यक संख्या में सड़क पर आए मलवे की सफाई करने वाली मशीनें लगाई गई हैं ताकि कहीं भी मार्ग बाधित होने पर उसे तुरंत खोला जा सके साथ ही कुमांऊ और गढ़वाल मण्डल के लिए एक एक हैलीकॉप्टर की व्यवस्था की जा रही है

आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को नीति आयोग की पिछली चार साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए श्री अमिताभ कांत ने कहा कि आयोग ने पोषण अभियान के लिए तकनीकी सहायता इकाई गठित की है और हाल में जलप्रबंधन सूचकांक भी जारी किया है उन्होंने कहा कि अटल नव सुजन प्रयोगशालाओं से नई खोजों को बढ़ावा मिला है

इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले वर्ष आठ से नौ प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा उन्होंने यह भी बताया कि हाल के वर्षो में देश का कर आधार बढ़ा है जो एक शुभ संकेत है साक्षात्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार सुजन के अभाव के बारे में विपक्ष के आरोप को खारिज कर दिया है स्वराज्य पत्रिका को दिये साक्षात्कार में श्री मोदी ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अगर राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं तो केंद्र किस प्रकार बेरोजगारी पैदा कर रहा है

उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक मकान बनाये गये हैं और सड़क निर्माण की गति प्रति माह दोगुनी हो गई है

उन्होंने कहा कि राज्य के पहाड़ी और दूरदराज के इलाको में गंभीर रूप से घायल लोगों की मौत इसलिए हो जाती है कि उन्हें समय पर उचित उपचार नहीं मिलता एक समाचार एजेंसी के अनुसार आईसीयू निर्माण के संबंध में श्री बलूनी की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक से बात हुई है गौरतलब है कि हर सासंद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यो के लिए प्रतिवर्ष पांच करोड़ रूपये मिलते हैं

गढ़वाल मंडल में अब आयुक्त पद की जिम्मेदारी शैलेश बगोली को दी गयी है वहीं गृह विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्य कर रहे अजय रौतेला को गढ़वाल क्षेत्र का पुलिस उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है इससे पहले कल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस भीषण बस दुर्घटना में लापरवाही बरतने के लिये धुमाकोट के पुलिस थानाध्यक्ष और क्षेत्र के एआरटीओ को निलम्बित करने के निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान प्रदेश में हेली सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों द्वारा त्वरित सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरते जाने पर उनके विरूद्व कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री एम्स मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है इसके तहत प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती की गयी है श्री रावत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानि एम्स ऋषिकेश में आज प्राईवेट वार्ड का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश ने काफी तेजी से विकास किया है